च्नाव आयोग ने चूनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता प्ष्टि पर्ची वीवीपीएटी का उपयोग करने का निर्णय लिया है कोविड महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर अधिकतम एक हजार मतदाताओं को आने की अन्मति दी है इससे पहले पंद्रह सौ मतदाताओं की अन्मति थी आयोग ने कोविड संक्रमित या संदिग्ध और दिव्यांग तथा अस्सी वर्ष से अधिक आय् वाले व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था की है